इसमें उन्होंने विपक्ष पर हताशा और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है

समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हम सत्ता को कर्सी के रूप में नहीं देखते बल्कि जनता के बीच काम करने का उपकरण समझते हैं

संगरिया में सरकार की उपलब्धियों का जिक किया और कहा कि गांवों में चिकित्सा सुविधाएं सुधारने के लिए डॉक्टरों की कमी नहीं होने दी जाएगी

अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति सदस्य और प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनता बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार ईंधन के बढ़ते मूल्यों से लोगों को राहत देने के लिए विभिन्न प्रस्तायों पर काम कर रही है श्री फडणवीस ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि पैट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत लाना इनकी कीमतों में कमी का एक तरीका हो सकता है

उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने आज इसकी आधारशिला रखी इस अवसर पर उन्होने कहा कि लोगों को विज्ञान से जोड़ने और उसके रहस्यों से अवगत कराने के लिये राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर इस तरह के पार्क बनाये जा रहे हैं जल्द ही बीकानेर और उदयपुर में भी इनका निर्माण शुरू किया जायेगा केन्द्र सरकार के सहयोग राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की देखरेख में करीब सवा दो साल में इसे तैयार किया जायेगा प्रदेश के सभी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर कल से पोषण मेले आयोजित किए जाएंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत होने वाले इन मेलों में बच्चों किशोरियों गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को पोषण संबंधी जानकारी दी जाएगी चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने आज जयपुर में आयोजित एक बैठक में विभिन्न संस्थानों सहित जनप्रतिनिधियों से पोषण अभियान में व्यापक सहयोग की अपील की

हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर रेलवे की ओर से एक विशेष रेलगाड़ी भी चलायी गयी है

कोटा बूंदी बारां और झालावाड़ में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है

झालावाड़ में नदियां उफान पर है जिले के भीमसागर और कालीसिंध बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है बूंदी में आज भी वर्षा का दौर जारी रहा मेज नदी में उफान से झालाजी का बराना सहित विभिन्न गांवों का सम्पर्क द्रट गया है

जैतसर बांध के चार गेट खोले गए हैं करौली के पांचना बांध से भी पानी की निकासी जारी है चम्बल के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया गया है जयपुर में कल से लगातार हो रही हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा के कारण कई जगहों पर पानी भर गया चित्तौडगढ में लगातार तीन दिन से हो रही बारिश से जन जीवन पर असर पड़ा है